नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नये भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकतायों की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है इसके पीछे पिछले चार पांच वर्षों की कड़ी गेहनत है हर क्षेत्र हर विद्या हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है तेकिन ये काम अनी पूरा नहीं हुआ है एक प्रकार से कहें तो यह काम की असली शुरूआत हुई है अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने की प्रमावी तरीके से लागू करना है और ये काम हम सब मिलकर करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति को लागू करने के बारे में माई गॉव पोर्टल पर एक सप्ताह के भीतर पन्द्रह लाख से अधिक सुझाव मिले हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों में गणितीय तथा वैज्ञानिक सोच का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि जब बच्चों के माहौल को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जायेगी तो विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे उन्होंने कहा कि देश को स्कूल पूर्व से लेकर उच्चतर स्तर तक के शिक्षकों की आवश्यकता है ताकि बच्चों को खेल खेल में विभिन्न गतिविधियों के जरिये शिक्षा दी जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए सीखने के आसान और अभिनव तरीके खोजे जाने चाहिए मूलभूत शिक्षा पर ध्यान इस नीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशनल लिट्सी एंड न्यूमर्सी के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा प्रारंभिक भाषा का ज्ञान संख्या का ज्ञान बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास यह बहुत आवश्यक होता है बच्चा आगे जाकर रीड टू लर्न करें इसके लिए जरूरी है कि शुरूआत में वो लर्न टू रीड करना सीखें लर्न टू रीड से रीड टू लर्न की विकास यात्रा फाउंडेशनल निट्रसी एंड न्यूयर्सी के माध्यम से प्ररी की जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय आकलन केन्द्र परख बनाया जाएगा जो विद्यार्थियों के चहमुखी विकास के लिए उनके कार्य निष्पादन और ज्ञान का आकलन समीक्षा तथा विश्लेषण करेगा मूल्यांकन प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक नये राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र परख की स्थापना भी की जाएगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के औने के बाद से भी ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी इसमें क्या बदलाव किया जा रहा है यहां हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है

इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर वैज्ञानिक सोच के साथ विद्यार्थियों का समग्र विकास करना है उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की बुद्धि के विकास में भी मदद मिलेगी श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति से देश की स्कूली और उच्च शिक्षा प्रणाली में आमूल बदलाव आएगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में डेढ़ लाख सैम्पल की हर दिन जांच की जाये मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में चिकित्सकों को नियमित अंतराल पर कोविड मरीजों का चैकअप करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कानपुर नगर के कोविड अस्पतालों में बेड्स की संख्या में भी वृद्धि करने के लिये कहा

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिये यूपीडा द्वारा जनपद गोरखपुर अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ को दो सौ चौहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिये जिन किसानों की जमीन ली गई उनका भूगतान एक माह के अन्दर करना सुनिश्चित करे जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े गौरतलब है कि गोरखपुर क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में लोक भवन में सौर ऊर्जा चालित मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना का प्रस्तृतीकरण देखा उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का काम कर रही है मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस योजना को इस प्रकार से संचालित किया जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान लाभान्वित हो सकें केन्द्रीय कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि बुजुर्गो को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा समय सीमा में छूट दे दी है

इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए केवल नवंबर में ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कराए जा सकते थे

इस बढी हुई अवधि के दौरान पेंशन का भुगतान बिना किसी बाधा के जारी रहेगा पेंशनधारक बैंक शाखाओं में जाकर यह प्रमाण पत्र जना करा सकते हैं लेकिन पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा दे रहा है ताकि घर बैठे ही यह प्रमाण पत्र जमा कराया जा सके मथ्रा जिले में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडरों को लाभ दिलाने का कार्य शुरू हो गया है

जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा के मिशन प्रबंधक नितिन कुमार ने बताया कि दुकानदारों से आवेदन लेने का कार्य शुरू कर दिया गया है

कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि खरीफ फसल के बुआई क्षेत्र में यह रिकार्ड वृद्वि है